इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उ ायों का शालन करें

लोग अब डाक क्रियर या ई कॉमर्स ोर्टल के जरिये उ हार श्रेणी के तहत ऑक्सीजन कंसेनट्रेटर का आयात कर सकेंगे

केंद्र सरकार ने कोविड के उ चार में उ योग किये जाने वाले उ करणों और रिएजेंटों र अगले छह महीने तक आयात श्ल्क में छूट दी है कोविड जांच के प्रयासों में तेजी लाने के लिये ये निर्णय लिया गया है

उधरकेंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में जुटी है सरकार ने अस्भतालों में कोविड मरीजों के उप्पचार के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति स्निश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में संय्क्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न देशों से तीन हजार ांच सौ मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन आयात की जा रही है

इनमें से क्छ संयंत्र ऑक्सीजन की आप्र्ति के लिए नजदीकी अस् तालों में ले जाए जा सकते हैं

आइसोलेशन कोच वर्तमान में मध्य प्रदेश दिल्ली और महाराष्ट्र में उ योग किए जा रहे हैं

ब्रहान र छिंदवाडा भिंड खंडवा और अशोकनगर में सबसे कम ाजिटिविटी दर है

प्रदेश के चारों महानगरों में भी संक्रमण तेजी से काबू में आ रहा है सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि एक माह में बेड आक्यूपेंसी रेट यानि बिस्तरों सर भर्ती मरीजों की संख्या में भी एक प्रतिशत की कमी आई है

इसका संचालन माधवराव सिंधिया सेवा मिशन के अन्तर्गत किया जायेगा सीहोर जिले के कोरोना वालेंटियर एवं स्व सहायता समूह की महिलाएं जन जागरूकता के लिए दीवार प्रर संदेश लिखकर संक्रमण से बचाव के सन्देश दे रहे है

धार जिले के मोहनखेड़ा कोविड केयर सेंटर के लिए औदयोगिक नीति और निवेश संवर्धन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की हल र अत्याध्निक एंब्लेंस प्राप्त हो गयी है दतिया में गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीजों से म्लाकात की श्री मिश्रा ने कहा है कि यह समय राजनीति का नहीं है और हम सभी का एक ही मकसद होना चाहिए कि जैसे भी हो कोरोना की चेन टूटे

अशोकनगर जिला मुख्यालय प्रर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्लिस ने सख्ती दिखाते हए बिना अन्मति ख्ली कई द्कानों को सील भी किया

गांव में गरीब रिवारों को मास्क का वितरण निःश्ल्क किया जा रहा है वन स्व सहायता समूह की सचिव शोभा सिंह ने बताया कि ग्राम ंचायत टिकट कला ने हमे मास्क बनाने का ऑर्डर दिया है

समूह की महिलायें घर घर जाकर लोगों को मास्क लगाने निरंतर हाथ धोने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जानकारी भी दे रही हैं नए डॉक्टर संसाधनों की कमी से जूझ रहे प्रदेश में सागर से एक अच्छी खबर आई है

आज इनको कार्य की श थ भी दिलाई गई

शहडोल स्विधाएँ शहडोल जिले में कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिये लगातार स्वास्थ स्विधाएं बढ़ाई जा रही हैं मेडिकल कॉलेज के बाद जिला अस्पताल और ब्लाको में स्थित अस् तालों में बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है

कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जिला अस् ताल में सोमवार से सिटी स्केन की स्विधा श्रु हो जायेगी आई ीएल आईपीएल क्रिकेट में आज नयी दिल्ली में शाम सापे सात बजे मंबई इंडियंस का म्काबला चेन्नई स् र किंग्स से होगा प्रतियोगिता में कल अहमदाबाद में जाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को चौंतीस रन से हरा दिया

जवाब में रायल चैलेंजर्स की टीम निर्धारित ओवरों में आठ विकेट र एक सौ ौंतालीस रन बना ायी

दमोह विधानसभा सीट ः र हुए उ ़ चुनाव के मतों की गिनती भी कल की जाएगी

इसके लिए उन्हें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है

घर में रेमडेसिविर लेना हानिकारक हो सकता है